मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर

आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन से नुकसान होता है कोरोना के मामले बढ़े हैं इसलिए लोगों को कोरोना के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए उन्होंने कहा कि अगर हम मास्क लगाएंगे तो कोरोना से बचा जा सकता है मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे मास्क लगाएं हाथ धोयें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो कोरोना से बचाव संभव है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लॉकडाउन से गरीबों और व्यापारियों को नुकसान होता है तथा आम लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है कोरोना टीकाकरण देश में अब तक दो करोड़ बयासी लाख से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण हो चुका है वहीं देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव आठ दो प्रतिशत हो गई है इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य जोरशोर से जारी है राज्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम लोगों को अब तक करीब छह लाख पंद्रह हजार कोविड टीके लगाए जा चुके हैं कल अड़तालीस हजार छह सौ उनतालीस लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने दुर्ग जिले के शासकीय अस्पताल में चल रहे टीकाकरण कार्य का अवलोकन किया इस दौरान उन्होंने टीकाकरण कार्य में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उनसे टीकाकरण के बारे में जानकारी ली सुश्री पांडेय ने टीकाकरण कार्य को और बेहतर तरीके से करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए इस बीच प्रदेश में अब तक तीन लाख सोलह हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है इनमें से तीन लाख आठ हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं वर्तमान में तीन हजार पांच सौ से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रधानमंत्री आयुर्वेद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुर्वेद जगत को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है वैश्विक आयुर्वेद समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को आयुर्वेद का लाभ और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का महत्व समझ आने लगा है उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आयुर्वेद और परंपरागत औषधि को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने का सही समय है श्री मोदी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और विभिन्न देशों के छात्र आयुर्वेद और परंपरागत औषधियों के अध्ययन के लिए भारत आ रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि विश्वव्यापी कुशलता के बारे में सोचने का यह सटीक समय है अमृत महोत्सव जावड़ेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ से संबंधित आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रदर्शनी का देश के छह स्थानों में आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया नई दिल्ली में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान के बाद देश को आजादी मिली थी उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी और भी बेहतरीन की जाएगी क्योंकि लोगों के इतिहास के पन्नों के साथ अपनी भाषा में आजादी की लड़ाई की जानकारी मिले आजादी के बाद क्या हुआ उसकी जानकारी मिले ये जरूरी है और इसमें गांधीजी सरदार वल्लभभाई पटेल नेताजी सुभाष चन्द्र बोस डॉक्टर अंबेडकर नेहरू जी और सारे क्रांतिकारी भी खुदी राम बोस ले लेकर भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु इन्हीं के बदौलत हमें आजादी मिली है यही संदेश इस प्रदर्शनी का है परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के पंजीकरण की कल अंतिम तिथि है इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का चौथा संस्करण होगा और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एग्जाम वॉरियर अभियान का एक हिस्सा है जो छात्रों के लिए तनावमुक्त वातावरण का सृजन करता है छात्र इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सरकारी वेबसाइट इनोवेट इंडिया डॉट माई जीओवी डॉट इन में पंजीकरण करा सकते हैं मनरेगा रोजगार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत लक्ष्य के विरूद्व रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत पंद्रह करोड़ मानव दिवस रोजगार सुजन के लक्ष्य के विरूद्व अब तक सोलह करोड़ छह लाख चौरासी हजार से अधिक मानव दिवस का सुजन किया जा चुका है मनरेगा लागू होने के बाद से इस वर्ष प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का यह नया रिकॉर्ड बना है आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मनरेगा श्रमिकों को अब तक इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व एक सौ सात प्रतिशत से अधिक रोजगार मुहैया कराया गया है जबकि अभी वित्तीय वर्ष के पूरा होने में दो सप्ताह से अधिक का समय बाकी है मनरेगा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल दूसरे असम तीसरे बिहार चौथे और ओडिशा पांचवें नंबर पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई दी है सिरपुर पाली महोत्सव महासमुंद जिले के सिरपुर में पुरखा के सुरता के तहत अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव और शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है महोत्सव में आज मुख्यमंत्री भूपेश बधेल शामिल हुए चौदह मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में बौद्व धर्म से जुड़े अनेक विद्वान और शोधकर्ता शामिल हो रहे हैं उधर कोरबा जिले में आयोजित दो दिवसीय पाली महोत्सव का कल समापन हो गया समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम शामिल हुए इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पुरातात्विक महत्व के स्थानों और पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने से रोजगार के नये अवसर बढ़ेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि पाली महोत्सव न सिर्फ कोरबा जिले की बल्कि छत्तीसगढ़ की भी पहचान बन चुका है लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की सोलहवीं कड़ी का प्रसारण कल चौदह मार्च रविवार को होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार प्रदेश की नारी शक्ति से बातचीत करेंगे लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढे दस बजे से ग्यारह बजे तक होगा हमर ग्राम सभा प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नबीन कल चौदह मार्च को रायपुर के दौरे पर आएंगे वे राजधानी रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल होंगे इस बैठक में पार्टी की आगामी रणनीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा की जाएगी इससे पहले आज रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई इसमें कल होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया आज हुई बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक मौजूद थे राज्यपाल मुख्यमंत्री गावस्कर मुलाकात राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में श्री सत्य सांई स्वास्थ्य और शिक्षा ट्रस्ट रायपुर के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की इस अवसर पर राज्यपाल ने छत्तीसगढ़वासियों की ओर से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर का अभिनंदन किया मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को श्री सत्य सांई संजीवनी हॉस्पिटल परिसर नवा रायपुर में मां और बाल देखभाल केन्द्र के शिलान्यास समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कल क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पचास वर्ष पूर्ण होने पर प्रतीक चिन्ह भेंटकर उन्हें सम्मानित किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं मुलाकात के दौरान श्री गावस्कर ने छत्तीसगढ़ में खेल को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ ही छत्तीसगढ़ के लोगों और उनकी खेल भावना की सराहना की रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी ट्वेटी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज इंडिया लीजेंड्स का मुकाबला साउथ अफ्रीका लीजेंड्स से हो रहा है इससे पहले कल शाम खेले गए एक अन्य मैच में वेस्टइंडीज लीजेंड्स ने बांग्लादेश लीजेंड्स को पांच विकेट से पराजित किया नंगत पिला अभियान कोंडागांव जिले में कुपोषित बच्चों की देखभाल के प्रति जन जागरण के लिए पंद्रह मार्च से नंगत पिला अभियान चलाया जाएगा मुख्यमंत्री सुपोषण कार्यक्रम के तहत बच्चों को रागी के बिस्किट दिए जाएंगे साथ ही अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दीवार लेखन रैली नुक्कड़ नाटक और स्थानीय बोली में विभिन्न गतिविधियों के जरिये पालकों के साथ कुपोषण के कारणों पर चर्चा की जाएगी यह अभियान इकतीस मार्च तक चलेगा उधर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव जिले में पंद्रह मार्च से बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजॉल की दवा दी जाएगी बाईस मार्च तक चलने वाले इस अभियान के तहत मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दवा का वितरण करेंगे संक्षिप्त समाचार राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट इस वर्ष एक अगस्त को होगी नीट यूजी दो हजार इक्कीस ग्यारह भाषाओं में होगी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सूचित किया कि नीट परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी दंतेवाड़ा जिले में कटेकल्याण थाना क्षेत्र के जियाकोड़ता में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है वहीं इसी जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो लाख रूपये के एक इनामी माओवादी को भी गिरफ्तार किया है कोरबा जिले में बरबसपुर पेण्ड्रा के पास दो वाहनों के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दस अन्य लोग घायल हो गए जिनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है और कोंडागांव में चारपहिया वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई